देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज किया जा रहा है उन्हें नमन आरपीएससी ने कई पदों पर भर्तियों के लिए संवीक्षा परीक्षा का कार्यक्रम किया घोषित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

उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस बीमारी को हल्के में ना लें मास्क लगाएं और हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करें उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन शादियों प्रदूषण और सर्दी के कारण आगामी समय में संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बैड सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड रोगियों का नियमित रूप से ऑक्सीजन लेवल जांचना जरूरी है इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर के एएनएम स्तर तक के चिकित्साकर्मियों को पहले से ही पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाए हैं अब सभी आशा सहयोगिनियों को भी पल्स ऑक्सीमीटर दिए जाएंगे ताकि लोग आसानी से अपना ऑक्सीजन लेवल जांच सकें श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान और तमिलनाडु ही ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना की शत प्रतिशत जांच सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति आरटीपीसीआर से की जा रही हैं जिसकी केन्द्र सरकार ने भी सराहना की है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रखंला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

इस मौके पर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें याद किया जा रहा है कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला और ब्लॉक स्तर पर श्रीमती गांधी के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी सेमिनार पुष्पांजलि कार्यक्रम और विचार गोष्ठी हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी जयंती पर उन्हें नमन किया है एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत ने विकास के नए आयाम स्थापित किए

गौरतलब है कि कल मुदुला सिन्हा का दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया था वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा हिन्दी की प्रसिद्ध लेखिका भी थी

यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत लोगों में साफ सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व शौचालय दिवस मनाएगा इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सर्वोच्च जिलों और राज्यों को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं